शिमला में आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत आर्थिक सामाजिक महिला सशक्तिकरण और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ा है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में लोगों को विभिन्न प्रकार के लाम दिए जा रहे हैं

पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत शिक्षा मंत्री सुरेश मारद्वाज कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा सांसद वीरेंद्र कश्यप और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे सिंचाई मंत्री सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने निर्माण कार्यो के लिए पानी के दुरूपयोग पर अधिकारियों को कनैक्शन काटने के निर्देश दिए है उन्होंने आज न्यू शिमला के सैक्टर दो में ओवर फ्लो हो रही टंकी का मौके पर ही कनैक्शन कटवा दिया उन्होंने लोगों से पानी को व्यर्थ में बर्बाद न करने की अपील की है महेंद्र सिंह ठाकुर ने हैंडपम्प स्थापित करने के लिए चिन्हित किए गए स्थानों में तुरंत हैंडपम्प लगाए जाने की बात भी कही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार लोगों को टैंकरों के माध्यम से पेयजल मुहैया करवाया जा रहा है महेंद्र सिंह ठाकूर ने कहा कि प्रदेश में अधिकांश नदी नालों का पानी सूखने की वजह से ये समस्या पैदा हो रही है उन्होंने लोगों से पेयजल योजनाओं को लिए आने वाले पानी को कूहलों में न डालने की अपील भी की किशन कपूर खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से हिमाचल गृहणी सुविधा शुरू की है धर्मशाला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इस योजना से राज्य के एक लाख परिवारों की गृहणियों को रसोई गैस सिलेंडर की जमा राशि व गैस चूल्हे के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी किशन कपूर ने कहा कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी व जवाबदेह बनाने के लिए नवीन तकनीकों के उपयोग पर जोर दे रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार उपभोक्ता मोबाइल एप ईपीडीएसएचपी शुरू की गई है जिसके माध्यम से उपभोक्ता अपने राशन कार्ड का पूरा विवरण देख सकते हैं परमार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि पालमपुर को निगम का दर्जा देने के लिए मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक मंजूर दे दी है वे आज पालमपूर नगर परिषद के मनोनीत पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में बोल रहे थे विपिन परमार ने कहा कि सरकार पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है इन संस्थाओं के विकास के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं है और पालमपुर का अनुकूल वातावरण व नैसर्गिक सौंदर्य के चलते विश्व मानचित्र पर विशेष स्थान है विपिन परमार ने मनोनीत पार्षदों को बघाई देते हुए समाजसेवा के कार्यों में पूरी तन्मयता से आगे आने की अपील की इस मौके पूर्व मंत्री रविन्द्र सिंह ठाकुर और विधायक मुलखराज प्रेमी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे

बुम्सकोर लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी में इन दिनों अच्छी फसल की कामना व खुशहाली के लिए बुम्सकोर उत्सव मनाया जा रहा है इस मौके पर घाटी के अलग अलग भागों में लामाओं द्वारा विशेष पूजा अर्चना के बाद महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित बौद्ध ग्रंथ की परिक्रमा की जाती है बौद्ध भिक्षु छिमेद युडोन लमो ने बताया कि बुम्सकोर पर्व में बौद्व पवित्र ग्रंथ कन्जूर तन्जूर की परिक्रमा खेतों में करवाई जाती है ताकि अच्छी फसल व इलाके की खुशहाली हो खली मेंट अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रेसलर द ग्रेट खली ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर के डब्ल्यू डब्ल्यू ई इवेंट करवाने की इच्छा जाहिर की